क्भ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम कुम्भ की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है कल मकर सक्रांति के दिन से शाही स्नान के साथ कुम्भ की शुरूआत हो जायेगी देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्वाल यहां पहुंच गये हैं उत्तरप्रदेश सरकार ने कृम्भ के दौरान श्रद्दालुओं के स्नान ठहरने और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये हैं प्रयागराज के निकट एक बड़े भू भाग में श्रद्वालुओं के ठहरने के लिये अलग से एक नगर विकसित किया गया है

पूरे कृम्भ क्षेत्र में साफ सफाई के लिये करीब बीस हजार कर्मचारी तैनात किये गये हैं कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कृंभ महोत्सव में आने जाने के लिए कटनी रेलवे स्टेशन पर विशेष तैयारियां की गई है यहां श्रद्वालुओं को ट्रेनों से जुड़ी पल पल की जानकारी देने के लिए आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी तैनात किये गये हैं

मोहंती उज्जैन मकर संकांति के अवसर पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान के सर्वोत्तम व्यवस्थाओं के निर्देश दिये गये हैं मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कल क्षिप्रा नदी के तट त्रिवेणी घाट और रामघाट पहँचकर श्रद्दालुओं के लिये की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया श्री मोहंती ने प्रशासन को निर्देश दिये कि विभिन्न घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिये स्नान और दर्शन आदि की सर्वोत्तम व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर्व सहित विभिन्न स्नान पर्वो के लिये भी नर्मदा नदी का पानी क्षिप्रा नदी में प्रवाहित करने की स्थाई व्यवस्था की जाये इन कार्यों में सभी संबंधित विभाग पूर्ण समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएँ इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी मुख्य सचिव ने अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि गंभीर नदी के पानी की चोरी रोकने के लिये जिला प्रशासन सख्त कार्यवाही करे घाटों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही गंभीर नदी का पानी क्षिप्रा नदी में छोड़ा जाये उन्होंने निर्देश दिये कि गंभीर नदी का पानी पूर्ण रूप से उज्जैन शहर की पेयजल व्यवस्था के लिये आरक्षित रखा जाये मकर संक्रांति मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कल नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले प्रसिद्ध बरमान मेला का उर्दघाटन नर्मदा नदी की पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना कर किया कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन मंत्री लखन घनघोरिया ने की विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रजापति ने कहा कि बरमान कलां एवं खूर्द में नर्मदा के दोनों तटों के सौंदर्यीकरण में कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी उन्होंने कहा कि बरमान मेले को ऐसा स्वरूप दिया जायेगा जिससे यहां आकर श्रद्दालुओं को अच्छा लगे और वे आनंदित हों वहीं श्री घनघोरिया ने कहा कि नर्मदा तट पर बरमान पावन और सिद्ध तीर्थ के रूप में जाना जाता है उन्होंने आध्यात्म विभाग की कार्य योजना में बरमान मेला को समाहित करने पर जोर दिया

मेले की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है यहां पुलिस बल के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है उधर खंडवा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गणेश गौशाला में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा जिसमें गौ पूजन और गौ ग्रास का कार्यक्रम होगा यहां लोग तिलगुड़ और अन्य सामग्री का दान करते है वही मवेषियों के लिये भी चारे का दान किया जाता है मकर संक्राती पर धार जिले में परम्परागत अनुसार जमकर पतंगबाजी की जा रही है आज दिनभर लोगों द्वारा जमकर पतंगबाजी की जायेगी वहीं शिवपुरी में कल दिव्यांग छात्रावास के बच्चों के साथ लोगों ने मकरसंकाति का पर्व मनाया

किसान हितैषी योजनाएं और नीतियां बनाकर उनका प्रभावी कियान्वयन किया जायेगा इसके लिये किसानों कृषि विशेषज्ञों से सुझाव भी लिये जायेंगे इंदौर में कल हुई किसान संसद में श्री यादव ने यह बात कही इस कार्यक्रम में इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों के प्रगतिशील किसानों जनप्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया श्री यादव ने अपने पिता पूर्व मंत्री स्व सुभाष यादव का स्मरण करते हुए कहा कि किसानों के हित में किये गये उनके कामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता उन्होंने कहा कि किसानों का उत्थान मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है श्री यादव ने कहा कि सरकार कृषि का लागत मूल्य कम करने उन्हें फसल के वाजिब दाम दिलाने और किसानों को कर्ज के दलदल से मुक्त करने के लिये ठोस कदम उठाएगी इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण यादव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लिये गये किसानों के कर्ज माफ करने के निर्णय को एतिहासिक बताया कृषि विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा बीएम सिंह और पूर्व महा अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने भी कृषि संसद को संबोधित किया

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम पूरी तरह ठप्प हो चुका है श्री भार्गव ने एक विज्ञप्ति के जरिए आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत सड़कों के टेंडर जारी न होना कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है इस वजह से सड़कों का कार्य अवरूद्व हो रहा है

हज सीटों का आवंटन हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित जिलेवार कोटे के अनुसार किया जायेगा

उन्होंने कहा कि भोपाल के लोगों की गुलाबों के प्रति प्रेम और रुर्चि से ही इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन भोपाल में किया जाता हैं मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शनी भोपाल वासियों के लिए गौरव की बात है श्री शर्मा ने गुलाब उद्यान में प्रदर्शित गुलाबों की सराहना की और प्रतिभागियों को भी सराहा जो वर्ष भर गुलाबों की अपने परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करते है